मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाज के प्रब्द्वजनों से विपक्षी दलों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून के बारे में फैलाए जा रहे भ्रम और दुष्प्रचार को विफल करने के लिए आगे आने का किया आहवान

मौसम विभाग ने सात और आठ जनवरी को प्रदेश के विभिन्न भागों में वर्षा और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की

इस जनसंपर्क अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केन्द्रीय मंत्री और कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाकर उन्हें इस कानून के वास्तविक तथ्यों से अवगत करा रहे हैं केन्द्रीय गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कल दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में लोगों को नागरिकता संशोधन कानून के बारे में अवगत कराया एक अन्य कार्यक्रम में कल नई दिल्ली में पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए श्री शाह ने आरोप लगाया कि नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी और अन्य दलों द्वारा लोगों को गुमराह करने के कारण ही देश में हिंसा भड़की आप देश की माइनोरिटी को भड़का रहे हो क्या आपकी नागरिकता चली जाएगी मैं माइनोरिटी के भाईयों और बहनों को कहना चाहता हूं सीएए से किसी भी देश की माइनोरिटी नागरिक की नागरिकता जा ही नहीं सकती क्यूंकि सीएए में नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है राजधानी लखनऊ में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कल न्यायमूर्ति खेमकरन और मशह्र नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव से उनके आवास पर मुलाकात कर उन्हें इस अधिनियम के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए रक्षामंत्री ने कहा कि भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है और यह कानून किसी भी धर्म के ख़िलाफ नहीं है उन्होंने समाज के सभी वर्गो विशेषकर मुसलमानों से इस कानून के बारे में किये जा रहे दुष्प्रचार से बचने का आहवान किया भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल गाजियाबाद में पार्टी के जनसम्पर्क अभियान में शामिल हुए अभियान के दौरान पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आगामी पन्द्रह जनवरी तक तीन करोड़ परिवारों से संपर्क करेंगे इस कार्यक्रम के तहत भाजपा ने टोल फ्री नंबर डबल एट डबल सिक्स ट् डबल एट डबल सिक्स ट् जारी किया है इस पर मिस्डज कॉल करके लोग नागरिकता संशोधन कानून पर अपनी सहमति दे सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाज के प्रबुद्वजनों से अपील करते हुए कहा है कि वे विपक्षी दलों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून के बारे में फैलाये जा रहे भ्रम और द्य्प्रचार को विफल करने के लिए आगे आएं और लोगों को इस कानून के वास्तविक तथ्यों से अवगत कराएं मुख्यमंत्री कल गोरखपुर में नागरिकता संशोधन कानून के बारे में भाजपा के जन जागरण अभियान के अंतर्गत आयोजित प्रदुद्वजनों की एक संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान में हमेशा से ही अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया गया है उन्होंने कहा कि इसी का परिणाम है कि वहां आज हिन्दू अल्पसंख्यकों की जनसंख्या केवल एक प्रतिशत रह गयी है जबकि आजादी के समय यह तीस प्रतिशत थी मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून नागरिकता देने के लिए लाया गया है यह किसी की नागरिकता छीनता नहीं है मुख्यमंत्री ने कहा कि पड़ोसी देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना और उन्हे सुरक्षा प्रदान करना भारत का दायित्व है पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश के अंदर जिन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था आज वे अगर शरण लेने के लिए भारत के अंदर आए हैं तो उन्हें नागरिकता देना ये हमारा दायित्व हैं उनकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में भाजपा के जनसम्पर्क अभियान के अन्तर्गत स्थानीय निवासी हाजी कैफ उल वरा से उनकी दुकान पर जाकर मुलाकात की मुख्यमंत्री ने देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद के प्रपौत्र और नगर के प्रबुद्वजन अशोक जान्हवी प्रसाद तथा सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ राजाराम यादव से भी उनके घर पर मुलाकात की और उन्हें नागरिकता संशोधन कानून के बारे में तथ्यों से अवगत कराया केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कल रामप्र के धमौरा में भाजपा जनजागरण सम्पर्क अभियान में शामिल हये इस अवसर पर लोगों को सम्बोधित करते हुये उन्होंने कहा कि कांग्रेस नागरिकता संशोधन कानून पर भ्रम फैलाकर वोट की राजनीति कर रही है उन्होंने कहा कि नागरिकता कानून पर विपक्षी दलों का दुष्प्रचार जल्द समाप्त हो जाएगा और सत्य की जीत होगी केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान वाराणसी में केन्द्रीय पर्यटन राज्यमंत्री प्रहलाद सिंह पटेल झांसी में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा आगरा में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य क्शीनगर में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना कानपुर में जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री महेन्द्र सिंह मथुरा में भाजपा के जन सम्पर्क अभियान में शामिल हुए उधर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा के विभिन्न गांवों में चौपाल लगाकर नागरिकता संशोधन कानून पर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने के लिये लोगों को जागरूक किया

श्री सिंह कल लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर एक्सपो की तैयारी की समीक्षा करने के बाद एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे श्री सिंह ने कहा कि यह डिफेंस एक्सपो क्षेत्रफल भागीदारी और राजस्व प्राप्ति के हिसाब से अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा इस दौरान रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव चंद्र कांत भारती ने बताया कि इस प्रदर्शनी में नौ सौ से ज्यादा कम्पनियों ने प्रतिभाग करने की इच्छा जाहिर की है जिसमें रूस अमेरिका दक्षिण कोरिया चेक रिपब्लिक फ्रांस और इंग्लैण्ड की कम्पनियां शामिल हैं इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह एक्सपो प्रदेश के विकास के लिए मददगार साबित होगा केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर कल नई दिल्ली में तीस मीडिया संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान प्रदान करेंगे यह पुरस्कार देश और विदेश में योग के प्रचार में सकारात्मक भूमिका निभाने वाले मीडिया संस्थानों के लिए पिछले वर्ष जून से शुरू किया गया था इनमें प्रिन्ट के माध्यम से योग के बेहतरीन प्रचार के लिए ग्यारह पुरस्कार इलैक्ट्रोनिक माध्यम से प्रचार के लिए आठ पुरस्कार तथा रेडियो के माध्यम से प्रचार के लिए अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे पुरस्कार में एक पदक पट्टिका ट्रॉफी और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है पुरस्कारों के लिए मीडिया संगठनों का चयन भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सी के प्रसाद की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय जूरी द्वारा किया गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वर्ष दो हजार पन्द्रह से हर साल इक्कीस जून को मनाया जाता है

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तैयार की गई इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवकों का आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करना है योजना के तहत पहले प्रदेश के पांच सौ युवकों को व्यवसाय संवाददाता के रूप में स्वरोजगार का अवसर दिया जायेगा इस योजना को अगले वित्तीय वर्ष में प्रदेश के सभी जिलों में लागू करने के बारे में भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है प्रदेश में संचालित अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम इन व्यवसाय संवाददाताओं को प्रशिक्षण के साथ साथ कम्प्यूटर फिंगर प्रिंट मशीन स्वैपिंग मशीन सहित कई उपकरण खरीदने के लिए आर्थिक मदद देगा मौसम विभाग ने उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोम की स्थिति बनने के कारण प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भागों में सात और आठ जनवरी को वर्षा और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है पिछले कुछ दिनों से भीषण ठंड का सामना कर रहे प्रदेशवासियों को पिछले दो दिनों के दौरान धूप खिलने से थोड़ी राहत मिली वहीं आज गोरखपुर महराजगंज देवरिया सहित के प्रदेश के विभिन्न भागों में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है ण्ड के मद्देनजर मुजफ्फरनगर में कक्षा आठ तक के विद्यालयों में नौ जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है मऊ में जिलाधिकारी के आदेश पर सभी स्कूलों का समय सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे तक कर दिया गया है कानपुर ज़िले में पुखरायां कस्बे के रहने वाले पार्थ बंसल को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दो हज़ार बीस के लिए चुना गया है आगामी बाइस जनवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पार्थ को यह सम्मान प्रदान करेंगे